ऊना जिले से एक और कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए बनी सहायक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि व वर्षा से फसलों को नुकसान

मंत्रिमंडल ने हॉटस्पॉट और अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टैस्ट किट खरीदने के निर्देश दिए बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति दी गई

मंत्रिमंडल ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और फेस मास्क लगाने का आग्रह किया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आज आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र शिमला के उच्च अधिकारियों के साथ राजभवन में एक बैठक का आयोजन किया गया इस दौरान विद्यार्थियों के लिये घर बैठे कक्षाओं के प्रसारण पर विचार विमर्श किया गया

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन के इन प्रयासों की सराहना की है बैठक में आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार शर्मा और दूरदर्शन शिमला की कार्यक्रम प्रमुख धारा सरस्वती व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है ये व्यक्ति ऊना ज़िला के अंब उपमंडल से संबंधित है और तबलीगी जमातियों के सम्पर्क में आया था

इन संक्रमित मामलों में से दो हमीरपुर व एक चंबा का है

घरेलू हिंसा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों के संबंध में जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप्प हेल्पलाईन नम्बर सात छः पांच शून्य शून्य छः छः नौ नौ चार जारी किया है महिला व बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक भावना ने आज शिमला में ये जानकारी दी

विभाग ने सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित किए हैं इस बीच राज्य महिला आयोग ने भी लॉकडाउन के दौरान शिकायतों के लिए व्हाट्सएप्प नम्बर नौ चार पांच नौ आठ आठ छः छः शुन्य शुन्य जारी किया है आयोग की सचिव संगीता गुप्ता ने बताया कि फोन पर शिकायतों का निपटारा करने के लिए दो काउंसलर नामित किए गए है तरलोक चौहान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश के किसी भी स्थान में फंसे विद्यार्थी व अन्य व्यक्ति सहायता के लिए प्राधिकरण के ज़िला सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं शिमला से जारी प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने ये जानकारी दी है गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हए लगाए गए कफ़र्यू के दौरान केंद्र सरकार समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है

किन्नौर ज़िला के खवांगी के श्यामलाल नेगी और बारंग के कृष्ण कप्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद हमीरपुर शहर और जोल सप्पड़ पंचायत व आसपास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र संभावित हॉट स्पॉट बन गये हैं जिले में आगामी आदेशों तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी कर्फ्यू में ढील की अवधि भी स्थगित कर दी गई है उन्होंने कहा कि लोगों को घरों के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उन्हें घर द्वार पर की जाएगी उधर ऊना ज़िले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि आज पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के सम्पर्क में आए लोगों की तलाश की जाएगी उन्होंने अंब उपमंडल की राजपुर जस्वां पंचायत को सील करने के आदेश दिए हैं और आगामी आदेशों तक इस क्षेत्र में पूरी तरह कफ्यू रहेगा संदीप कुमार ने कहा कि पंचायत के लोगों को राशन सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर टू डोर सप्लाई के माध्यम से की जाएगी उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बैंक कर्मियों के लिए ढील देने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने बताया कि बैंकिंग प्रणाली जन साधारण के लिए महत्वपूर्ण व अनिवार्य सेवा है

मौसम जनजातीय जिले लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात और अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि व वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है

केलंग से हमारे जिला संवाददाता कुंदन लाल ने बताया कि बर्फबारी के कारण घाटी में जहां मटर व अन्य सब्जियों का बिजाई कार्य भी प्रभावित हो रहा है वहीं रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य भी बाधित हो रहा है चम्बा व शिमला जिले के अनेक इलाकों में ओलावृष्टि व वर्षा से सेब सहित अन्य फलदार पौधों की फ्लावरिंग पर विपरित असर पड़ा है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में रूक रूक कर वर्षा हो रही है